मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से सरदार सरोवर बांध में जल भराव को लेकर गुजरात सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया

बेंगलुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह नियंत्रण केन्द्र के वैज्ञानिक चंद्रयान दो के चंद्रमा पर उतरने के ऐतिहासिक क्षणों की तैयारी में व्यस्त हैं अभी लैंडर विक्रम काफी नीची कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है इसरो ने बताया कि कल तड़के एक बजे से दो बजे के बीच लैंडर के चंद्रमा पर उतरने की जटिल प्रक्रिया पूरी की जाएगी तड़के डेढ़ बजे से ढाई बजे के बीच यह धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरेगा उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा और चंद्रमा की सतह से परीक्षण शुरू करेगा पूरा देश इस मिशन की सफलता की कामना कर रहा है इस उपलब्धि के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात बेंगलुरू पहुंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे

प्रदेश से भी दो विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ इस पल को देखने के लिए बैंगलुरू पहुॅच गये हैं मुख्यमंत्री बांध मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से सरदार सरोवर जलाशय में जल भराव के संबंध में तय की गई समय सारिणी का पालन करने के लिए गुजरात सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया है जिससे इस मुद्दे पर चर्चा हो सके उन्होंने लिखा कि मध्यप्रदेश के लिए यह विषय अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में राहत और पुनर्वास के काम चल रहे है

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सफलता पूर्वक लागू करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेंगी अभिनंदन और पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में होगा

शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर कल देश के साथ प्रदेश में भी शिक्षक दिवस मनाया गया

ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुरार उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया

रीवा खंडवा विदिशा भिंड मुरैना अलीराजपुर नरसिंहपुर झाबुआ सहित विभिन्न जिलों से शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं हेलमेट यातायात नियमों में बदलाव और जुर्माने की राशि बढ़ाये जाने की खबरों के बीच उमरिया कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही कार चलाने वाले कर्मचारी अधिकारियों को भी सीट बैल्ट लगाने को कहा गया है कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों से इस बात का शपथ पत्र भी लिया जा रहा है कि उन्होंने हेलमेट खरीद लिया और वे इसे पहनकर ही वाहन चलायेंगे श्री सोमवंशी के मुताबिक सभी को यातायात नियमो का पालन करना चाहिए

प्रदर्शनकारी शिक्षक राज्य सरकार से वचनपत्र में किये गये वादों को पूरा करने की मांग कर रहे थे साथ ही वे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े थे हालांकि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जायेगा जिसके बाद धरना और प्रदर्शन समाप्त हुआ

उन्होंने मैदानी अधिकारियों से कहा कि वे सभी व्यावसायिक परिसरों और इंडस्ट्रियल पॉवर परिसरोंजैसे आटा चक्की और ऑयल मिल आदि का सर्वे कर वास्तविक लोड के आधार पर लोड स्वीकृत करें इससे उपभोक्ता को पर्याप्त वोल्टेज पर बिजली और कंपनी को सही राजस्व मिल सकेगा

हेल्थ कार्ड किसानों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित करने के लिए कल आगरमालवा जिले के मंगवालिया और घानीखेड़ी में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस मौके पर किसानों को स्वाईल हैल्थ कार्ड की उपयोगिता मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वो के उपयोग की विधियां कमी के लक्षण और निदान तथा मुदा उर्वरकता प्रबंधन में आर्गेनिक कार्बन का महत्व बताते हुए कृषि की लागत कम करने के लिये जैविक खाद बीजोपचार दवाई जैविक किट नियंत्रण आदि की जानकारी दी गई गोबर गणेश होशंगाबाद में नर्मदापुर युवा मंडल ने गणेश उत्सव के दौरान अनूंठी पहल की है यहां युवाओं ने आठ फीट के गोबर से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित की है मूर्ति के निर्माण में दस किलो गोबर का इस्तेमाल किया गया है यहां प्रतिदिन भगवान को धान के रोपे और पौधों का भोग लगाया जा रहा है वही श्रद्धालुओं को प्रसाद में जैविक खाद दिया जा रहा है